आज दोपहर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर आबोलाई के पास मिनी बस और कैम्पर के बीच सीधी भिड़त हो गई जिसके बाद चारों ओर कोहराम मच गया हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि बालेसर राटा के रहने वाले श्रवण सिंह का परिवार झंवर स्थित अपने रिश्तेदारों के यहां बैठने गया था

जोधपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राहल बारहठ ने आकाशवाणी को बताया कि प्रारंभिक जांच को अनुसार दुर्घटना उस समय हुई जब मिनी बस का टायर फट गया और वह असंतुलित होकर कैम्पर से जा भिडी घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकेट की है एक ट्वीट संदेश में श्री गहलोत ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है और सभी से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है

प्रधानमंत्री के आज रात आठ बजे से नौ बजे के बीच सत्र को संबोधित करने की संभावना है प्रधानमंत्री अपने संबोधन में गरीबी हटाने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल तथा आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों की चर्चा कर सकते हैं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकजुट कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब भारत विश्व स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है

इस स्वीकृति से किसानों की कृषि कार्य की जरूरत समय पर पूरी हो पायेगी

सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने बताया कि जो किसान बंटाई पर खेती कर रहा है उसे भी सहकारी बैंकों के द्वारा फसली ऋण मुहैया कराया जायेगा उन्होंने बताया कि जिन किसानों के नाम जमीन नहीं है लेकिन वे खेती के लिये फसली ऋण लेना चाहते हैं तो ऐसे किसानों को भी सहकारी बैंकों के द्वारा फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा

आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि वे परिवारवाद के खिलाफ है लेकिन सभी लोगों के दबाव के कारण यह फैसला करना पड़ा

आरएलपी प्रमुख ने कहा कि भाजपा और आरएलपी मिलकर कांग्रेस को उपचनाव तथा निकाय चुनावों में हरायेंगे और पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पडेगा दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज जयपुर में कहा कि पार्टी ने उपचुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी श्री पायलट ने दावा किया कि संगठन और सरकार द्वारा पिछले दस माह में किए गए कामों के आधार पर कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी

श्री मिश्र ने विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी और उच्च श्रेणी के पुस्तकालय नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों को आश्वस्त किया कि जल्दी ही ये दोनों सुविधाए बांसवाड़ा में उपलब्ध करायी जाएगी इससे पहले राज्यपाल का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ट्रस्ट की ओर से साफा बांधकर स्वागत किया गया

इस सम्मेलन का कल विधिवत उद्धाटन किया जाएगा संस्थान के जन सम्पर्क अधिकारी कोमल यादव ने बताया कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं

श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार पर लगातार कार्य किया जा रहा है तथा सूचना प्रॉद्योगिकी को समाज की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी सेवाओं में अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है श्री गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित कौंसिल द्वारा राज्य के विकास के लिए दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ अल्पकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए

समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रवीण नाहटा ने कहा कि हिन्दी भाषा व्यक्तित्व को सहज सरल और मौलिक बनाती है उन्होंने कहा कि हिन्दी को प्रचारित और प्रसारित करने में आकाशवाणी और दूरदर्शन का बड़ा योगदान रहा है आकाशवाणी के उप महानिदेशक रणवीर सिंह त्यागी ने कहा कि हिन्दी भारत के सुदूर प्रांत के निवासियों को जोड़ती है और यह देश की एकता में बडी भुमिका निभा रही है

भारत पहली बार इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन कर रहा है

पाली के बांगड़ म्यूजियम में आज पर्यटकों के लिये निशुल्क प्रवेश रखा गया बूंदी जिले में ऐतिहासिक धाबाई कुंड के परिसर और आसपास सफाई अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और बाद में विदेशी सैलानियों का साफा बांधकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया सवाईमाधोपुर में भी इस मौके पर स्वच्छता कार्यक्रम और संगोष्ठी के आयोजन किए गए पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर के जूनागढ़ में सैलानियों का राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया शाम को ऊंट अनुसंधान केन्द्र के रेतीले धोरों पर ऊंट की सवारी की सुविधा की शुरूआत की जा रही है जेसलमेर में सोनार किले के मुख्य द्वार पर देसी विदेशी पर्यटकों के लिए स्वागत द्वार बनाया गया और किला देखने आए पर्यटकों का माल्यर्पण कर स्वागत किया गया राजसमंद जिले के एतिहासिक कुंभलगढ दुर्ग परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए पर्यटकों ने स्थानीय कलाकारों के साथ राजस्थानी नृत्य भी किया झालावाड़ में विश्व धरोहर में शामिल जल दुर्ग गागरोन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया

समारोह के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन आर के रेड्डी ने कारागृह के वर्तमान हालातों की भी जानकारी ली अलवर जिले के लक्ष्मणगढ में कार्यरत जयपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता प्रवीण शेरावत को काम में लापरवाही बरतने पर जयपुर डिस्कॉम ने निलम्बित कर दिया है

नागौर नगर परिषद सभापति के उपच्नाव में आज कांग्रेस के मांगीलाल भाटी सभापति पद के लिए चुन लिए गए

जालौर जिले में तेज गर्मी और उमस के बाद जिले को जुंजाणी जीवाना बागोड़ा सायला और आसपास कई स्थानों पर जमकर बारिश हुई इस बारिश से बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है बूंदी जिले के अधिकतर स्थानों पर मध्यम दर्जे की बरसात हुई बांसवाड़ा में आज आधा घंटा हल्की बारिश हुई

पाली जिले में दोपहर बाद रूक रूक कर बारिश का दौर जारी रहा जिले के सुमेरपुर तख्तगढ और रानी में अच्छी बारिश के समाचार हैं

कल शाम यह यात्रा अजमेर जिले में प्रवेश करेगी